हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्राथिमकताओं व विज़न का उल्लेख है म्ख्यमंत्री ने बेरोज़गारी के आंकड़ो को गलत भी बताया हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र में आज भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री स्ष्मा स्वाराज और अरूण जेतली सहित पिछले सत्र के बाद दिवंगत हये लोगों को श्रद्वाजंलि दी गई हरियाणा के राज्यपाल सत्य देव नारायण आर्य ने कहा है कि हरियाणा की नवनिर्वार्चित सरकार द्वारा अमरूद गाजर और मटर को भी भावांतर भरपाई योजना के तहत लाया जायेग और पिंजौर में आध्निक सेब मंडी ग्रूग्राम में फूलों की मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी स्थापित की जायेगी राज्यपाल हरियाणा विधानसभा के प्रथम सत्र में आज अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे

राज्यपाल ने कहा कि कृषि का विकास और किसानों के कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है उनहोंने कहा कि सरकार ने रबि की बिजाई के लिए अच्छी किस्म के बीजों और उर्वरकों समेत समूचे मात्रा में कृषि उत्पादक सामग्रियों को व्यवस्था की है

उन्होंने कहा िक राज्य में प्रधानमंत्री फस्ल सम्मान निधि योजना के तहत चौहद लाख से अधिक किसानों को सलाला छ हजार रूपये की आर्थिक सहायता मिल रही है राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा मे सूचना प्रौद्योगिकी का ओर अधिक प्रयोग करके जमाबंदी इंतकाल और खसरा गिरदावरी के समम्न रिाकर्ड को उपयोग कर्ता के अन्कूल बनायेगी भारतीय सर्वेक्षण के सहयोग से एक व्यापक जी आई एस मैपिंग की जायेगी जिसमें समेकित योजना बनानेभूमि का स्टीक सीमाकंन करने और भूमि प्रयोग प्ररिवर्तनों का पता लगाने में मदद मिलगी राज्यपाल ने कहा कि सरकार एसवाईएल के माध्यम में रावी व्यास के अतिरिक्त पानी में से हरियाणा का न्योचित हिस्सा शीघ्रलाने मे कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हांसी ब्टाना बह्उद्देशीय चैनल के शीघ्रपरिचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले की म्स्तैदी से पैरवी करेगी उन्होंने कहा कि यम्ना व इसकी सहायक नदियों रेण्का किशउ और लखवार नदियों पर तीन बड़े भंडारण बाधों का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और अंर्तराज्यीय अन्मतियों मिलने पर शिवालिक की निचली पहाडिय़ों के बाहर भंडारण बांधों का निर्माण भी किया जायेगा राज्यपाल ने अपने अभिभाषण मे राई में स्थापित किये जा रहे खेल विश्वविद्यालय के विकास में तेजी लाने और हैल्थ फॉर आल के विज़न को साकार करने का जिक्र भी किया उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को क्षमता को बढ़ाकर उन्हें अधिक काम और वितीय संसाधन हस्तांतरित कर और सशक्त बनाया जायेगा और नागरिक संचालित सामाजिक लेख परीक्षा पदवति लागू की जायेगी राज्यपाल ने अभिभाष्ण मे व्यापारिक उदयमियों व सेवा प्रदाताओं के हित मे जीएसटी के क्रियान्वन को और सरल बनाने को प्रयास करने की बात कही

इसे देश में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जायेगा और सूक्ष्म लघ् व मध्यम क्षेत्र के उद्यमों की सहायता के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जायेगा राज्यपाल ने य्वाओं के लिए रोज़गार के समुचित अवसर सुजित करने सरकारी नौकरियों में भर्ती चयन में पारदर्शिता निष्पक्षता लाने का जिक्र करते हये कहा कि पारदर्शी भर्ती नीति को जारी रखतेहये इस प्रक्रिया को समयबदव किया जायेगा और दो लाख से अधिक य्वाओं का उदयोगों की जरूरत के अन्रूप प्रशिक्षित करके रोज़गार योग्य बनाया जायेगा

राज्य पाल ने मादक पदार्थो के विरूदव स्नियोजित व प्रबल ढ़ग से लड़ाई लड़क्षे के सरकार के संकल्प सभी रेलवे क्रांसिंग को समाप्त करने और ऋषियों ग्रूओं और महान हस्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की सरकार की प्रतिबदवता का जिक्र भी अपने अभिभाषण में किया और कहा कि सरकार प्रद्षण रोकने के लिए भी काम करेगी और प्रद्रषित क्षेत्रो में सघन वानिकी परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लाया जायेगा हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज राज्यपाल के अभिभाष्ण पर हई बइस का जवाब देते हये कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में प्राथमिकताओं का जिक्र भी है और सरकार के विज़न का उल्लेख भी

मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि जहां कही धान की खरीद को लेकर तात्कालिक समस्यायें है उन्हें दूर किया जायेगा

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बेरोज़गारी बिल्क्ल नहीं है दोनों ही आंकड़े गलत है क्यूंकि विकसित देशों में नौकरी बदलने व अन्य कारणों के कारण बेरोज़गारी को गलत पांच प्रतिशत से कम नहीं आंका जा सकता म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल की उपलब्धता बढ़ाने और खपत कम करने के लिए काम करेगी

हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र में आज भूतपूर्व केन्द्रीयमंत्री श्रीमती स्षमा स्वाराज व अरूण जेतली सहित पिछले सत्र के बाद दिवंगत हई आत्माओं को श्रदवाजंलि अर्पित की गई और अनकी आत्म शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों प्र्व केन्द्रीय मंत्रियों हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य देवी दास हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों तथा विधानसभा सदस्यों के निकट सम्बधियों के परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त करते हये शोक प्रस्ताव प्रढ़ा उप म्ख्यमंत्री श्री द्षयंत चौटाला विपक्ष के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हडडा ईनलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टियों की और से शोक प्रस्ताव पढ़े और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्षमा स्वराज और श्री अरूण जेतली के साथ बिताये क्षणों को याद किया और उन दोनों को एक बहेतरीन शखसियत बताया विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद ग्रप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा और शोक संत्पत परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त करते हये उन तक सदन मे दी गई श्रद्वाजंलि और शोक प्रस्तावों को पहंचाने का आश्वासन दिया